उन्होंने कल वाराणसी में व्यापक पेंशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर सम्पन्न राष्ट्र को किया समर्पित प्रधानमंत्री ने कहा पूर्वांचल को चिकित्सा और कृषि शोध के क्षेत्र में देश का बड़ा हब बनाने की दिशा में सरकार कर रही है प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात के ज़रिये लोगों से साझा करेंगे अपने विचार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार मेक इन इंडिया परियोजना को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्द है उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम मेक इन इंडिया का ही विस्तार है कल वाराणसी में एक जिला एक उत्पाद सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी यूपी तो छोटे और लघ् उद्योग का हब है क्राषि के बाद सबसे अधिक रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है यहां एमएसएमई सेक्टर परम्परा का हिस्सा है वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट यह प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजब्रत विस्तार है ये योजना यूपी को दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने में सक्षम है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे स्वयं ऐसे सौ जिलों पर निगरानी रख रहे हैं जहां सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्यम क्षेत्र बढ़ रहा है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पहचान कार्यक्रम के जरिये बुनकरों को बाजार ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही हैं वाराणसी समेत ये पूरा पूर्वांचल तो हस्त शिल्प का हब है

वाराणसी के आस पास के क्षेत्रों से जुड़े दस उत्पादकों को तो जीआई टैग यानी ज्यॉग्राफिकल इंडिकेशन का प्रमाण भी मिल चुका है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार काशी के प्राचीन स्वरूप में कोई बदलाव किये बिना वाराणसी का विकास करना चाहती है श्री मोदी ने सम्पन्न सॉफ्टवेयर राष्ट्र को समर्पित किया यह दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक व्यापक पेंशन प्रबंधन प्रणाली है जिससे लाखों पेंशन भोगियों को मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा जीवनभर देश को सेवा देने के बाद पेंशन भोगियों को जो दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे उस प्रक्रिया को आसान करने का प्रयास किया गया है सम्पन्न यानी सिस्टम फोर अथोरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पंशन योजना आज लॉन्च हुई है अब पंशन की स्वीकृति से लेकर निपटारे तक का काम खुद विभाग ही करेगा प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दो अरब सन्तानबे करोड़ रुपये की लागत की बारह विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और चौदह परियोजनाओं का उद्घाटन किया उन्होंने कुंम दो हजार उन्नीस के बारे में कॉफी टेबल बुक भी जारी की इससे पहले कल ही गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वाचल को चिकित्सा देखभाल सुविधाओं का केन्द्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है आज प्र्वाचल को देश का एक बड़ा मेडिकल हब बनाने का कृषि से जुड़े शोध का महत्वप्रर्ण सेंटर बनाने और यू पी के लघु उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये जाएंगे कांग्रेस की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उसने अपने शासनकाल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बाईस क्रषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ ग्ना बढ़ोतरी की है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को प्रगति पर ले जाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाए संचालित करने के साथ साथ प्रदेशवासियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रयासरत है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशों के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की इक्यावनवीं कड़ी होगी

प्रधानमंत्री कार्यालय सुचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चौनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाईट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डॉट ऑल इण्डिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट इन पर भी इसे सुना जा सकता है कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने छात्रों युवाओं और राजनीतिक नेताओं से कहा है कि वे राष्ट्र के विकास के प्रति रचनात्मक रवैया अपनाए अहमदाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चौसठवें राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने आगाह किया कि विध्वसकारी रवैया देश और इसके लोगों के लिए अच्छा नहीं है उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे ऐसे नये भारत के निर्माण के लिए काम करें जो भ्खमरी भेदभाव जाति सम्प्रदाय पर आधारित असमानताओं से मुक्त हो महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कथित रूप से व्हाट्सप मैसेज के जरिये तीन तलाक दिए जाने वाली महिला को सभी प्रकार की सहायता देने का भरोसा दिया है इस मुद्दे पर मीडिया की खबरों का संज्ञान लेते हुए श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने यह मामला प्राथमिकता से उठाया है उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने महिला के भाई से सम्पर्क कर जानकारी मांगी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव क्मार ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने की किसी भी योजना का उद्देश्य कृषक समृदाय के जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि ऐसी योजना के दायरे में छोटे और सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन किसानों को भी लाना होगा राजीव कुमार ने कहा कि व्यापक बुनियादी आय योजना के लिए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कई सब्सिडी योजनाए पहले से ही लागू हैं सब्सिडी और ऐसी योजना एकसाथ नहीं चल सकती

राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान उतार चढ़ाव से निकलकर ठोस वृद्विदर हासिल की है और मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में रखा है केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पक्षों की जानकारी देने के लिए पुस्तिका जारी की है विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा हैंडबुक में साइबर अपराधों और ई मेल जालसाजी संबंधी समस्याओं का उल्लेख है इसमें विद्यार्थियों को ई मेल पर अनजान लोगों का मैत्री प्रस्ताव स्वीकार न करने की सलाह दी गई है इसका उद्देश्य लोगों विशेषकर विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक बनाना और इनसे सुरक्षा उपलब्ध कराना है प्रदेश सहित समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है जिसकी वजह से कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है बिजनौर जिले में ठण्ड ने सारी सीमाए तोड़ दी पाला पड़ने के कारण हाड कपाने वाली ठण्ड रही कल बिजनौर जिले का न्यूनतम तापमान शून्य से दो डिग्री नीचे रिकार्ड किया गया अगले दो तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है